हरियाणा के प्रदीप सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला से परिवार पहचान पत्र वितरण की शुरूआत की

हरियाणा से सोनीपत के प्रदीप सिह ने इस परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रही

हरियाणा के परिवहन मत्री मूल चंद शर्मा ने क्मारी आशिमा के घर जाकर सफलता के लिए बधाई दी कुमारी आशिमा ने आकाशवाणी को बताया कि उसने बिना किसी कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया है

उसने कहा कि उसे देश सेवा के लिए इस कैरियर को चुना है

अपराजित लोहान ने आईटीआई मुम्बई से बी टैक करने के बाद यह परीक्षा दी थी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने वाले युवाओं को बधाई दी है श्री मोदी ने श्भकामना भेंट करते हये कहा कि लोक सेवा का क्षेत्र उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा है उन्होंने इन युवाओं के अच्छे भविष्य की कामना भी की हरियाणा के मख्यमत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला से परिवार पहचान पत्र वितरण की शुरूआत की

इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला राज्य मंत्री केन्द्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गएता भी उनके साथ मौजुद रहे

उन्होंने बताया कि यह पहचान पत्र बनने पर लोगों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसके के हकदार है राम मंदिर की नीवंश रखे जाने और प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते वहां कम लोगों को बुलाया गया है हर जगह लोग शिलान्यास के मौके पर अपने घरों मं ही रहकर खुशी का इजहार करेंगे विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने लोगों को पहचान पत्र वितरित किये जाने का समाचार दिये है

अम्बाला में पहचान पत्र वितरित करते समय विधायक असीम गोयल ने कहा कि पहचान पत्र बनने से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे रेवाडी में सहकारिता डॉ बनवारी लाल पलवल में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह में मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत की भिवानी में कृषि मंत्री ओम प्रकाश दलाल सिरसा में बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने े पहचान पत्र वितरित किये

उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया

सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि यह मरीज यमुनानगर छछरौली रादौर व सरस्वती नगर इलकों से है जिनहें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

सिविल सर्जन डॉ जसजीत कोर ने पंचकला के खंड बरवाला के गांव बलोटी निवासी एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने की जानकारी भी दी है

उसकी मृत्यु के बाद उसकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है

सिरसा में आज तीन लोगों के स्वस्थ होने पद छटटी भी दी गई गई है

पीजीआई ने केन्द्र सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है

उन्होंने बताया कि काला पीलिया की दवा से कोविड मरीजों के इलाज हेतु परीक्षण किया जायेगा

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन के लिए तैयारियों जोरों पर चल रही है

उनके साथ कार्यक्रम में देश और नेपाल के कई धार्मिक प्रमुखों और संतों के शामिल होने की उम्मीद है

प्रधानमंत्री सबसे पहले श्री हनुमानगढी मंदिर के दर्शन करेंगे इसके बाद ये श्री राम जन्म भूमि पर भगवान राम लल्ला का पूजा करेंगे इसक बाद भूमि पूजन व अन्य कार्यक्रम होंगे